प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को किरतपुर नेरचौक फोरलेन का कार्य एक सप्ताह के भीतर शुरू करने और ठेकेदारों की लम्बित राशि के भुगतान के निर्देश दिए हैं आज शिमला में उनसे मिलने आए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा के नेतृत्व में किरतपुर नेरचौक कॉन्ट्रेक्टर एसोशियेशन के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद उन्होंने ये निर्देश दिए इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक ज्ञापन दिया जिसमें फोरलेन कार्य को पूरा करने और ठेकेदारों की लम्बे समय से लम्बित राशि का जल्द भुगतान करने की अपील की गई रणधीर शर्मा ने कहा कि फोरलेन का कार्य कर रही कम्पनी ठेकेदारों की पिछली पैमेंट किए बिना ही काम छोड़कर चली गई है और अब इसका काम नई कम्पनी को दिया गया है किशन कप्र खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने चिकित्सकों व पैरामैडिकल स्टाफ को हिदायत दी है कि गरीब व वंचित लोग अस्पताल आकर उपेक्षित अनुभव न करें और उन्हें उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जाए वे आज क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों को पीजीआई चंडीगढ़ की कार्य संस्कृति का अनुसंरण करने की नसीयत दी सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने केंद्र सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब वंचित और विकास यात्रा में पीछे छूट गए लोगों के लिए प्रतिबंद्व है धर्मशाला में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित बाईक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले वे जनसमूह को संबोधित कर रही थी

सरवीण चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनस्तर तक पहुंचाने का आहवान किया

गोबिंद प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों व महत्वपूर्ण जिलों में इलैक्ट्रिक वैन सुविधा आरंभ करेगी और समय व मांग के अनुसार इन वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी परिवहन मंत्री गोबिंद ठाक्र ने आज सोलन के पुराने बस अडडे से पथ परिवहन निगम की इलैक्ट्रिक वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि ये इलैक्ट्रिक वैन प्रदूषण कम करने में सहायक सिद्व होगी परिवहन मंत्री ने निगम को निर्देश दिए कि इन इलैक्ट्रिक वाहनों की समय सारिणी व पथ संचालन मांग के अनुसार होना चाहिए इस मौके सांसद वीरेन्द्र कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे

सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनहित के कार्यो के साथ भाजपा को और मजबूती से आगे बढ़ने का आह्वान किया है कांगड़ा जिला के देहरा में जिला स्तरीय भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यो को ऐतिहासिक बताया सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कठोर परिश्रम से देश को विश्व में अग्रणी पंक्ति में प्रमुखता से खड़ा कर नई पहचान दिलाई है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही एक मात्र लक्ष्य है इस मौके भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष इंदु गोस्वामी ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को भाजपा से जोड़ने का आह्वान किया

शोक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वयोवृद्ध पत्रकार जेएन साधु के निधन पर शोक व्यक्त किया है जेएन साध् का निधन आज शाम को हुआ

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेएन साध् एक प्रतिबद्द पत्रकार थे जिन्होंने हमेशा पत्रकारिता के उच्च आदर्शो को बनाए रखा मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की

कार्यक्रम दो सत्र में हुआ पहले सत्र में पत्र वाचन पढ़े गए जबकि दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में जिला भाषा अधिकारी नीलम चन्देल ने गुलेरी जी के जीवन व साहित्य पर प्रकाश डालते हुए उन्हें हिन्दी साहित्य का अनमोल हीरा बताया